प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यस्टन में ऐतिहासिक हाउडी मोदी कार्यक्रम में पचास हजार भारतवंशियों को संबेधित कर रहे थे अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी विशेष मैत्री सद्भाव के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित थे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है किसी देश का नाम लिये बिना उन्होंने कहा कि पूरी द्निया जानती है कि आतंकवाद को शह और समर्थन देने के पीछे किसका हाथ है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति श्री ट्रम्प आतंकवाद के खिलाफ लडाई में मजबृती से खडे हैं अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहंगा कि इस लड़ाई में प्रेजीडेंट ट्रम्प प्री मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हए हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधान हटाने के भारत के फैसले से उन लोगों को तकलीफ हई जो खूद अपना देश नहीं संमाल पा रहे हैं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के कारण विकास के लाभ से वंचित थे तथा आतंकवादी और अलगाववादी ताकतें हालात का फायदा उठा रही थीं

इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थीं हाउडी मोदी आयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति और सीनेटरों की उपस्थिति तथा भारत की प्रगति की चर्चा एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका के मजबूत संबंध एक नये इतिहास के निर्माण के साक्षी बनेंगे आयोजन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री ट्रम्प ने कहा कि आतंकवाद का खातमा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा अमरीका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध मजबूत करने पर बल दिया डॉनल्ड ट्रम्प ने इस वर्ष नवम्बर में दोनों देशों की सेनाओं के तीनों अंगों के संयुक्त अम्यास की घोषणा की

उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इनसे लगभग तीस करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जा सका है पहली बार अमरीका की धरती पर किसी विदेशी नेता ने इतने विशाल जनसमुदाय को संबोधित किया हाउड़ी मोदी कार्यक्रम का आयोजन टैक्सस इंडिया फोरम ने किया था अमरीकी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ह्यूस्टन संबोधन की सराहना की है प्रधानमंत्री ह्यूस्टन के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दौरे के बाद सप्ताह भर की अमरीकी यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयार्क पहुंच गए हैं वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तरवे अधिवेशन को संबोधित करेंगे और कई द्विपक्षीय तथा बहपक्षीय बातचीत में शामिल हॉगे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन करेंगे और वे बाद में गांधी पीस गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लागू होने के एक वर्ष पूरा होने पर आज देश भर में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि आयुष्मान भारत केवल एक स्वास्थ्य देखभाल योजना ही नहीं है बल्क यह उन पचास करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुभूषण ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं साथ ही सूचना तकनीक तंत्र और स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को भी लाभकारी बनाया जा रहा है हमीरपुर विधानसभा उप चुनाव का मतदान आज प्रातः सात बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया मतदान अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए चार सौ छिहत्तर पोलिंग बूथ तथा दो सौ सत्तावन मतदान केन्द्र बनाये गये थे प्रत्येक बूथ पर पैरा मिलेट्री फोर्स और पी ए सी के साथ पुलिस और होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती की गयी थी भाजपा विवायक अशोक सिंह चन्देल को अदालत द्वारा आयोग्य ठहराये जाने के बाद हमीरपुर विधान सभा की रिक्त हुई इस सीट पर यह उपचुनाव कराया गया भाजपा बसपा सपा और कांप्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नौ उम्मीदवार के चुनावी भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में बंद हो गया मतगणना सत्ताईस सितम्बर को होगी